देश के टीका नियामक औषध महानियंत्रक ने हाल ही में भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके के आपतकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है

मध्यप्रदेश में भी टीकाकरण को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां पुख्ता की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बताया कि टीकाकरण के लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किये गये हैं और इनकी सत्त निगरानी भी की जा रही है युवा महोत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वामी विवेकानंद जयंती पर मंगलवार को दूसरे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस आयोजन में इसी दिन युवा उत्सव नये भारत का नाम के एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यकम का संसद के केन्द्रीय कक्ष में शुभारंभ किया जायेगा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरन रिजिजु ने बताया कि इस समारोह में सभी राज्य वर्चुअल तरीके से जुड़ेगे बर्ड फ्लू प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सावधानियां बरती जा रही है

वहीं शिवपुरी में आज कई पक्षियों के मृत मिलने के बाद सर्तकता बढ़ा दी गई है

राज्य शासन ने रोग नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी परामर्श के अनुसार सभी जिलों को सर्तकता उपाय करने के निर्देश दिये हैं

सभी विजययोग्य प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतारे जायेंगे श्री शर्मा ने उमरिया हवाई पट्टी पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं जबकि कांग्रेस जनता को बरगालने में लगी है इन चुनावों में उनके सारे सपने ढेर हो जायेंगे

इधर मावठ से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है

हालांकि दोपहर बाद बादल छटने लगे थे मौसम विभाग ने कहा है कि दो दिन सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा

इधर शिवपुरी में आज दिनभर बादल छाये रहे और सर्दी का जोर रहा पन्ना में भी आज बादल छाये रहे यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है

राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर रीवा ग्वालियर खंडवा में ऑनलाइन कार्यकमों में वक्ताओं ने हिंदी महत्व पर प्रकाश डाला

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार